निर्वाचन आयोग ने कल प्रदेश के हमीरपुर त्रिपुरा छत्तीसगढ़ और केरल की एक एक विघानसभा सीट के उपचुनाव की घोषणा की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सामुदायिक सेवा महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती पर उनको सबसे अच्छी श्रद्वांजलि होगी इसको ध्यान में रखते हुए ग्यारह सितम्बर से प्लास्टिक मुक्त भारत के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया जाएगा प्रधानमंत्री कल आकाशवाणी से मन की बात के जरिए लोगों से संवाद कर रहे थे मैं कह सकता हूँ कि गाँधी सेवा भाव से संगठन भाव को भी बल देते रहते थे समाज सेवा और समाज संवर्धन कम्युनिटी सर्विस और कम्यूनिटी मोबलाइजेशन यह वो भावना जिसे हमें अपने व्यवाहारिक जीवन में लाना है सही अर्थों में यही महात्मा गाँधी को सच्ची श्रद्धांजलि है सच्ची कार्याजलि है प्रधानमंत्री ने कहा कि प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जा सकता है और इसे ईंघन में बदला जा सकता है उन्होंने सिंगल यूज यानी दोबारा इस्तेमाल न होने वाले प्लास्टिक से मृक्ति पाने के लिए लोगों से मिलकर काम करने का आस्वान किया देश की सभी नगरपालिका नगरनिगम जिला प्रशासन ग्राम पंचायत सरकारी गैरसरकारी सभी व्यवस्थाएँ सभी संगठन एक एक नागरिक हर किसी से मेरा अन्याय है कि प्लास्टिक कचरे के क्लेकरान और स्टोरेज के लिए उचित व्यवस्था हो मैं कॉरपोरेट सेक्टर से भी अपील करता हूँ कि जब ये सारा प्लास्टिक वेस्ट इकठ्या हो जाए तो इसके उचित निस्तारण हेतु आगे आयें श्री मोदी ने कहा कि सितम्बर का महीना देशभर में पोषण अभियान के रूप में समर्पित है भोजन के महत्व से जुड़े एक संस्कृत सुमाषित का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने महिलाओं और नवजात शिश्ओं सहित समी लोगों के लिए संतुलित और पोषक आहार पर जोर दिया उन्होंने पोषण अभियान का भी उल्लेख किया पोषण अभियान के अंतर्गत पूरे देराभर में आध्निक यैज्ञानिक तरीकों से पोषण को जन आन्दोलन बनाया जा रहा है लोग नए और दिलचस्प तरीकों से कुपोषण से लड़ाई लड़ रहे हैं कुपोषण की चुनौतियों के संदर्भ में नासिक में प्रचलित मुद्दी भर अभियान जैसे लोकप्रिय अभियानों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है इस योजना के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता फसल के मौसम में लोगों से मुद्दीमर चावल इकहा करती है जिसका उपयोग बच्चों और महिलाओं का भोजन बनाने के लिए किया जाता है प्रधानमंत्री ने कहा कि आगामी ब्रहस्पतिवार को राष्ट्रीय खेल दिक्स के अवसर पर देश भर में फिट इंडिया आंदोलन शुरू किया जाएगा

देश को फिट बनाना है हर एक के लिए बच्चे बुजुर्ग युवा महिता सब के लिए ये बड़ा इन्ट्रसटिंग अभियान होगा श्री मोदी ने कहा कि डिस्कवरी चैनल पर मैन वर्सिस वाइल्ड के प्रसारण के बाद लोग वन्यजीवन और पर्यावरण संरक्षण के बारे में चर्चा कर रहे हैं उन्होंने आशा व्यक्त की कि इससे विश्व को भारत की परंपराओं और प्रकृति के प्रति उसकी उदारता के बारे में जानने में मदद मिलेगी

मैंने पहले भी कहा है मैं जरुर कहता हूँ आपको अपने जीवन में नार्थ ईस्ट जरुर जाइये

आप देखते ही रह जायेगें आपके भीतर का विस्तार हो जाएगा प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत दो हजार बाईस के निर्घारित लक्ष्य से पहले ही बाघों की संख्या दोग्नी करने में सफल रहा है उन्होंने कहा कि यह न्यू इंडिया है जहां लक्ष्य समय से पहले पूरे किए जाते हैं प्रघानमंत्री ने कहा कि न केवल बाघों की संख्या बल्कि संरक्षित क्षेत्रों और सामुदायिक वन क्षेत्रों में भी वृद्धि हुई है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी सेवन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस के बियारित्ज पहंच गये हैं विश्व के शीर्ष नेता वैश्विक तापमान जलवायू परिवर्तन जैव विक्विता कराघान और डिजिटल बदलाव समेत विभिन्न मूद्रों पर विचार विमर्श करने के लिए वियारित्ज में एकत्र हुए हैं श्री मोदी इस अवसर पर द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे जी सेवेन बैठक के दौरान भारत के नजरिये की जानकारी देते हुए इस बैठक में भारतीय पक्ष के शेरपा सुरेरा प्रभू ने आकाशवाणी को बताया कि भारतीय सरकार की सीधे खाते में पैसा भेजने की योजनाओं से असमानता दूर करना संगव हुआ है और यही मुदा जी सेवन की बैठक का भी है उन्होंने कहा कि प्रघानमंत्री ने प्लास्टिक के खिलाफ जंग की शुरूआत करके दृनिया को दिखा दिया है कि भारत कैसे प्रदूषण से लड़ सकता है आतंकवाद के बारे में बात करते हुए सुरेश प्रमु ने कहा कि पूरी दुनिया को एक साथ इस मुरे पर काम करने की जरूरत है ब्यौरे के साथ सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार जी सेवन समिट सिटी एआईआर फ्रांस मारत बहरीन भारत और बहरीन सुख्वा और आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त संघर्ष में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हो गये हैं एक संयुक्त बयान में दोनों देशों ने अंतराष्ट्रीय समुदाय से एक दूसरे देशों के बीच आतंकवाद के इस्तेमाल को नकारने की अपील की है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की बहरीन की दो दिन की यात्रा के दौरान सुल्तान हमाद बिन ईसा अल खलीफा और वहां के प्रधानमंत्री खलीफा बिन सलमान अल खलीफा के साथ बातचीत के बाद यह संयुक्त बयान जारी किया गया भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्तमंत्री अरूण जेटली का अंतिम संस्कार कल नई दिल्ली में निगम बोघ घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया छाछठ वर्षीय वरिष्ठ भाजपा नेता का लम्बी बीमारी के बाद परसों नई दिल्ली के एम्स में निधन हो गया था श्री जेटली का पार्थिव शरीर कल सुबह पार्टी मुख्यालय पर रखा गया जहां भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों ने उन्हें श्रद्वांजलि दी

इनके साथ ही कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल अन्य नेतागण और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जेटली के निवास पर जाकर उन्हें श्रद्वांजलि दी प्रवानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व वित्तमंत्री को भावपूर्ण श्रद्वांजलि दी बहरीन नेशनल स्टेडियम में भारतीय समुदाय को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वह इस बात की कल्पना भी नही कर सकते कि नई दिल्ली में उनके प्रिय मित्र और सहकर्मी का निघन हो गया और वह इतनी दूर बहरीन में है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूर्व केन्द्रीय मंत्री अरूण जेटली को श्रद्वासुमन अर्पित किये उनके साथ प्रदेश के मंत्री सुरेश खन्ना और अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी उपस्थित रहे कई अन्य मंत्रियों ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है केन्द्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने अरूण जेटली को सफल राजनेता बताते हुए बरेली में कहा कि आर्थिक सुधारों के क्षेत्र में किये गये उनके कार्य अविस्मरणीय हैं उत्तर प्रदेश विद्यान परिषद के सभापति रमेश यादव और राज्य सरकार के कई मंत्रियों ने पूर्व वित्तमंत्री के निधन पर गहरा दःख व्यक्त किया है भाजपा सांसद हरीश ट्विवेदी ने अपने शोक सन्देश में कहा कि देश अरूण जेटली द्वारा किये गये कार्यो को हमेशा याद रखेगा निर्वाचन आयोग ने कल उत्तर प्रदेश त्रिप्रा छत्तीसगढ़ और केरल के एक एक विघानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की घोषणा कर दी अगले महीने की तेईस तारीख को प्रदेश के हमीरपुर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा केरल के पाला और त्रिपुरा के बाधरघाट विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव कराए जाएंगे दंतेवाड़ा पाला और बाधरघाट के निवर्तमान विघायकों की मृत्यु के बाद इन सीटों के लिए उप चुनाव होने हैं हमीरपुर के निवर्तमान भाजपा विधायक को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद वहां का उपचुनाव जरूरी हो गया है

इसी कम में बच्चों को गोद लेने की पहल की शुरूआत राजभवन से की गयी है

राज्यपाल आनंदी बेन ने कल राजमवन में आयोजित एक कार्यक्रम में टीबी रोग से पीड़ित एक बच्ची को गोद लिया इसके साथ ही टीबी से ग्रसित इक्कीस अन्य बच्चों को राजमवन के समी अधिकारियों ने सहयोग की दृष्टि से गोद लिया है गोद लेने वाले अधिकारियों का यह दायित्व होगा कि वे बच्चों के इलाज और पौष्टिक आहार की समुचित व्यवस्था करें